दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर के मातृ व शिशु अस्पताल का किया वर्चुअल लोकार्पण

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

शिमला से आज एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इस समय माइको कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टैस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रिटमेंट बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम बर्बादी हो

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दवाईयों चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों पर निगरानी रखने का अनुरोध भी किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग से साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया ऑक्सीजन आपूर्ति कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली को हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आग्रह को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से प्रदेश काफी चिंतित है और दिल्ली सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने में राज्य को प्रसन्नता होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली सरकार के अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में हिमाचल के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक से संपर्क कर सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस उदारता के लिए हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त किया है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में मातृ व शिशु अस्पताल का शिमला से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया

स्थानीय विधायक राकेश जमवाल ने इस अस्पताल के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सुंदरनगर में टेलीमेडिसिन केंद्र खोलने का आग्रह भी किया

इस संबंध में आज उन्होंने कांगड़ा के उपायुक्त को एक पत्र भी भेजा

वन मंत्री ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी किया है

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कल्लू जिले के नेचर पार्क बयेली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी

गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से जिले में भी लोगों को पौधरोपण वनों की देखभाल प्रबंधन व वनों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपकरण भी भेंट किए

शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शिमला सहित किन्नौर मण्डी कुल्लू चंबा लाहौल स्पिति व सिरमौर जिलों के उद्यान उपनिदेशकों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी दिए बागवानी मंत्री ने संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को नुकसान के आकलन की दैनिक समीक्षा रिपोर्ट बागवानी मंत्री के कार्यालय में भेजने के आदेश भी दिए हैं कंवर पंचायती राज व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में शक्ति जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया इस केंद्र में स्वयं सहायता समुह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमईरा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारों ऐसे सौ से अधिक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने सिंहाणा में निर्माणाधीन विश्राम गृह का निरीक्षण भी किया हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

हंसराज ने अधिकारियों को जिले में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अध्यापकों की सेवाएं लेने के संबंध में प्रशासन को शड्यूल तैयार करने के आदेश भी दिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा के लिए स्थापित गांधी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा ये हेल्पलाइन शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्र जबकि कांगड़ा में स्थापित गांधी हेल्पलाइन कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करेगी राठौर ने कहा कि कोरोना के इस दूसरे दौर में सरकारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है और सरकार अपनी सुविधा अनुसार फैसले बदल रही है सुक्ख कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तर बढ़ाने और वेंटीलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र नहीं बल्कि अपने विवेक से काम करना चाहिए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास जीवनरोधी दवाओं का कितना स्टॉक है यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए उन्होंने सरकार को संकमण रोकने के लिए अधिक से अधिक सख्ती बरतने और चोरी छिपे हो रहे सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है